उपराष्ट्रपति श्री एम वैकेंया नायडू ने कहा है कि गुरू नानक देव जी एक संत ही नहीं बल्कि उच्चकाटि के कवि चिंतक और संपूर्ण ग्रू थे पंचकूला हिंसा मामले में आरप्री हनीप्रीत की आज पंचकूला की मुख्य मैजिस्ट्रेट अदालत ने ज़मानत मंजूर कर ली है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनाहर लाल ने कार्रवाई का आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रसताव रखा जिसे सदन में पारित कर दिया तीन दिन तक चले सत्र में नये अध्यक्ष का चुनाव भी हआ पंकचूला से बीजेपी विधायक ज्ञान चंद गुप्ता ने अध्यक्ष चुने गये उपाध्यक्ष का चुनाव अगले सत्र में हागा

इस सत्र में काई प्रश्न काल नहीं था लेकिन आवश्यक वैद्यानिक कार्यनिपटाये गये और द संसाधन भी पारित किये गये

करदाताओ विशेषकर छाटे और मध्यम उद्यमों क माल और सेवाकर प्रणाली में हामे वाली प्रमुख असुविधाओं में से एक रिर्टन भरने और कर का भ्रगतान करने की प्रक्रिया थी करदाताओं क्ष रिफंड के संवितरण के लिए केन्द्र और राज्य दामों के अधिकारियों से सम्पर्क हप्ता था जिस कारण उनहें असुविधा हप्ती थी उसी तरह गलत हेड के तहत टैक्स जमा करने पर रिफंड लेने में भी असुविधा हफ्ती थी

प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि मीडिया कथ जनता की आवश्यकताओं कथ पूरा करने की दिशा में काम करने पर ध्यान देना चाहिए आज कालकाता में विज्ञान और प्रौद्यागिकी मीडिया सम्मेलन का संबधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया कथ शौचालय पीने के साफ पानी परिवहन गैस कनेक्शन जैसी आम लागों की ब्नियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए डॉ सूर्य प्रकाश ने कहा कि सरकारी याजनाएं लागों तक किस तरह पहंच रही हैं इसका अध्ययन भी मीडिया का गहराई से करना चाहिए उन्होंने लध्यों में वैज्ञानिक साच पैदा करने की जरूरत पर भी जप्र दिया यमुना नदी का पानी कम हामे से हाईडिल प्राजेक्ट परियाजना मे बिजली उत्पादन कम है गया है हथिनीकृंड बैराज पर यमुना का जल स्तर तीन हजार द सौ सतहत्र क्यूसेक दर्ज किया गया इसमे से पश्चिमी यम्ना नहर में द हजार छ सौ चौवालिस क्यूसेक व उत्तरप्रदेश क जाने वाली नहर में छ सौ इकतालिस कयूसेक पानी दिया गया शेष पानी यमुना नदी में मवेशियों के लिए छाड़ा गया

उन्होंने कहा कि यह ख्शी की बात है कि लक्रतंत्र के मंदिर पंजाब विधानसभा लाक्रतंत्र आध्यत्मिक नेताओं में से एक महान ग्रू श्री गुरू नानक देव जी क एक विशेष सत्र समर्पित कर रही है श्री नायडू ने कहा कि गुरू नानक देव जी भारत की दूरदर्शी और आध्यमित्कता की लंबी शानदार परम्परा से संमद्व थे जिन्होंने मानवीय अस्तित्व का प्रकाशमान किया और देश की सांस्कृति पूंजी का बड़े स्तर पर समृद्व किया उन्होंने कहा कि गुरू जी के लिए सब बराबर थे और काई भी मुल्क बाहरी नहीं था उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और लिंग समानता ग्रू नानक देव जी के जीवन से सीखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण सबक है गुरू जी के लिए सम्पर्ण विश्व ईश्वर की रचना है सभी समान पैदा हास्ते है और केवल एक व्यापक निर्माता है सारे विश्व क एक परिवार बताते हये संस्कृत की कहावत वसुवैद्य कुट्टम्बकंम क गुंजायमान करते हये गुरू नानक देव जी ने अपनी वाणी मे यह संदेश दिया है इकट्ठे रहने और सदभावना से काम करने से इस भावना का विचार बाबा साहिब की सारी वाणी में निरंतर मौजूद है श्री नायडू ने कुछ दिनों बाद करतारप्र गलियारे का खाले जानेपर प्रसन्नता व्यक्त करते हये आशा व्यक्त की कि यह गलियारा शांति सदभावना और मानवात के लिए सर्वोच्च आदर्श साबित हणा उनहोंने आग्रह किया कि विधानपालिका के तौर पर गुरू जी के सिद्वातों के अनुसार लागों की सेवा करके मिसाल कायम करनी चाहिए इससे पहले पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा के पी सिंह ने उपराष्ट्रपति श्री नायडू पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मन माहन सिंह और अन्य जाने माने विद्वानों का स्वागत किया डा मन मएहन सिंह द्वारा भी विशेष सत्र का सम्बाधित किया गया उन्होंने गुरू जी की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुये कहा कि गुरू जी ने मिलकर रहने गृहस्थ जीवन की पालना करने और मेहनत करने और बांट कर खाने का संदेश दिया और उन्होंने स्वयं भी यह करके बताया डॉ मनमाइन सिंह ने कहा कि अबतक विश्व साप्रदायिकता का सामना कर रहा है गुरू जी की शिक्षायें हमें ऐसी स्थिति से बचा सकती है इस मौके पर हरियाणा मुख्यमंत्री के मनाहर लाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के राज्यपाल बी पी सिंह बदनौर एवं अन्य जानी मानी हस्तियां उपस्थित रही

हनीप्रीत करीब द साल बाद जेल से बाहर आयेगी हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की राज़दार मानी जाती हनीप्रीत के वकील ने ज़मानत याचिका दायर की थी उस पर देशद्राक्ष की धारा हटाये जाने के बाद जमानती धाराओं के तहत आराप्र तय किये गये आज हनीप्रीत सहित सभी आरप्रियों पर पंचकूला हिंसा के मामले में सुनवाई पूर हई

काबिलेगौर है कि पिछली सुनवाई में भी हनीप्रीत सहित सभी आरप्रियों पर से देशद्राक्ष की धारा हटा ली गई थी पंचकूला स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में एसप्सिएटेड जर्नल्स लिमिटेड प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हड़डा और माप्तीलाल वात्रा की ज़मानत मंजूर कर ली है

पंचकूला में स्थित हरियाणा की विशेष ईडी कार्ट में एजेएल आवंटन मामले में आज की सुनवाई पूरी ह गई

नारनौल जिले की सान्य यादव ने हाल ही में आंध्रप्रदेश में आयाजित पैतीसवीं राष्ट्रीय जूनियर एथेलेटिक प्रतियागिता मे एथेलेटिक गर्ल्स में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले व गांव बैरावास का नाम रौशन शॉटप्रपर किया है

गया है मेले का विधिवत उदघाटन पंचकूला के उपायुक्त मुकुल कुमार आठ नवंबर क करेंगे